नमो एप के जरिये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों से बातचीत में आज उन्होंने कहा कि बीमारी के कारण गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों पर बहत आर्थिक बोझ पडता है और दवाईयां प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है श्री मोदी ने कहा कि गरीब लोगों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है उन्होंने कहा कि इस योजना से देशभर में बहुत से लोगों को फायदा पहुंचा है इस मौके प्रदेश के विभिन्न स्थानों से भी लाभार्थियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से संवाद किया मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि राज्य सरकार शिमला शहर में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिए कृतंसकल्प है

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दिनों उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पेयजल योजना के बारे में एक प्रस्ताव सौंपा था और प्रधानमंत्री ने उनके अनुरोध पर केंद्रीय जल आयोग के एक दल को शिमला भेजा है जयराम ठाक्र ने बताया कि इसके अलावा केंद्रीय शहरी व नगर नियोजन मंत्री हरदीप सिंह पूरी से भी मुलाकात कर शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए दो सौ करोड़ रूपए स्वीकृत करने की मांग की गई है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सिरमौर जिले में भूमिहीन लोगों को जुमीन आबंटित करने के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं नाहन में आज एक समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इससे सरकार की योजना के अनुसार निर्धन व जरूरतमंद पात्र लोगों को शहरी क्षेत्रों में दो बिस्वा और ग्रामीण इलाकों में तीन बिस्वा भूमि उपलब्ध हो सकेगी

प्रशिक्षण कार्यशाला केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ने आज लाहौल स्पीति जिला मुख्यालय केलंग में आलू की वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को बीज आलू की खेती के लिए प्रेरित करने के उददेश्य से एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की इस मौके संस्थान के निदेशक एस के चकवर्ती ने बताया कि लाहौल घाटी बीज आल के लिए विश्व विख्यात है मगर पिछले कुछ वर्षों से बीज आलू के उचित दाम न मिलने से किसानों ने इसका उत्पादन कम कर दिया है

दुर्घटना कुल्लू जिले में मनाली लेह मार्ग पर राहनी नाला नामक स्थान पर आज सुबह एक कार के गहरी खाई में गिरने से दो पर्यटकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए समाचार एजेंसी हिंदुस्थान समाचार के अनुसार ये सभी मनाली से रोहतांग की तरफ जा रहे थे घायलों को इलाज के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती किया गया है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है